इसे देखते हुए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है दूसरे चरण में बृहस्पतिवार को तेरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सत्तानवें संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है आयोग ने विभिन्न शिकायतों की जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रचार करने पर अगले बहत्तर घंटे तक के लिए रोक लगा दी है आयोग ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी रोक लगाते हुए उन्हें अड़तालीस घंटे तक प्रचार अभियान से दूर रहने के निर्देश दिए हैं इन नेताओं पर अपने भाषणों में आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप है ये प्रतिबंध कल सुबह छह बजे से प्रभावी हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसएलवी के चौथे चरण के कार्यक्रम के अंतर्गत पांच जीएसएलवी रॉकेट अभियानों को मंजूरी दे दी है जीएसएलवी का चौथा चरण सन दो हजार इक्कीस से दो हजार चौबीस तक क्रियान्वित किया जाएगा इस अभियान से भारत डाटा रिले कम्यूनिकेशन प्रणाली मौसम आदि को सुगम बनाने में दो टन भार वाले संबंधित उपग्रह छोड़ने में सक्षम हो जाएगा इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग के समझौते को मंजूरी दे दी है एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे देश में पवन ऊर्जा का मजबूत ढांचा खड़ा करने में मदद मिलेगी साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यलय में एक उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है

इस समारोह में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ साथ परिजनों ने भाग लिया चौदह अप्रैल को आयोजित बैठक में चीनी सेन आके प्रतिनिधिमंडल में उनतीस सदस्य शामिल थे इस दौरान सैनिकों स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने एक द्रसरे को शुभकामनाएं और उपहार भी दिए लोहित जिले के तेजू बाजार क्षेत्र में कल रात एक भीषण आग द्र्घटना में कई दुकानें जलकर नष्ट हो गई अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया पुलिस के अनुसार घटना की जांच की जा रही है प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि रात को इस आग दुर्घटना में किसी तरह लोगों की जान बच गई लेकिन प्ररा व्यवसायिक प्रतिष्ठान जलकर नष्ट होने से उनके लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया है उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों के प्रनर्वास के लिए कदम उठाने की अपील की है

मुंबई में आज क्रिकेट के महासमर के लिए पंद्रह सदस्यीय भारतीय दल चुना गया अखिल भारतीय सिनियर चयन समिति ने टीम की घोषणा करते हुए बताया कि रिषभ पंत को जगह नहीं ली गई है लेकिन दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया है बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष एम एस के प्रसाद ने कहा कि बड़े मैचे में विकेट किपिंग के अनुभवों के कारण कार्तिक को चुना गया है विश्व कप दो हजार उन्नीस इग्लैंड और वेल्स में तीस मई से चौदह जुलाई तक खेला जाएगा बीसीआई ने उन खिलाड़ियों के नाम जारी किए है जिन्हें वर्ल्ड कप का टिकट मिला है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

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया